राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर उप चुनाव के लिए प्रचार तेज वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं की प्रदेश के स्कूलों में छठी और सातवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के क्रमोन्नत करने के आदेश राज्य के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले दो दिन में आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना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

उधर केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड टीकाकरण के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से समय नहीं लिया जा सकता है पत्र सुचना कार्यालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर चल रहा इस तरह का दावा फर्जी है टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप का ही प्रयोग किया जा सकता है राज्य के विभिन्न जिलों में आज भी टीका उत्सव के तहत टीकाकरण किया गया बूंदी में उत्साह के साथ लोगों ने टीका लगवाया टोंक में जिला कलक्टर ने ग्रामपंचायत ढिकोलिया में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्य का अवलोकन किया उधर श्रीगंगानगर में बढते संकमण को देखते हुये पड़ोसी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को स्कीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है चूरू में रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की रैण्डम सैम्पलिंग की जायेगी

इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया कि स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत के लिए कोरोना टीकाकरण के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जाये उन्होंने बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी एवं सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग टीकांकरण के बाद भी मास्क पहनें दो गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के सामुहिक प्रयासों से इस महामारी को हराया जा सकता है मुख्य सचिव ने आज शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से अस्पतालों सरकारी और निजी अस्पतालों के अधिकारियों तथा चिकित्सकों के साथ बैठक की

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों और आरएलपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वरिष्ठ नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और अर्जुनराम मेघवाल ने आज सुजानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं की

राज्यपाल ने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्यम्न सिंह को वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर तथा लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी को इसका सदस्य बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं

राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित विद्यार्थी सुरक्षा द्र्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है

लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

इससे नीमकाथाना श्रीमाधोपुर और खण्डेला क्षेत्र की जनता को राजस्व और आमजन से जुड़े कार्यो में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्यो को बेहतर तरीके किया जा सकेगा इस नए एडीएम कार्यालय में कुल तीन उपखंड और तीन तहसीलें प्रस्तावित किए गए हैं

मौसम विभाग ने इन संभागों में दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है इससे पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आंधी के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है

पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा

इस आईपीएल सीजन में दोनों ही टीमों का यह पहला मैच होगा